मुख्यमंत्री ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सभी फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के अधिकारियों को दिए निर्देश

प्रदेश भाजपा के चुनाव अधिकारी व सांसद रामस्वरूप शर्मा ने बताया कि अध्यक्ष पद के लिए राजीव बिंदल के नाम के दो नामांकन सैट भरे गए उन्होंने कहा कि पहला नामांकन सैट मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर और मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों ने प्रस्तावित किया जबकि दूसरा नामांकन सैट शिमला संसदीय क्षेत्र के सभी विधायकों व पार्टी पदाधिकारियों ने प्रस्तावित किया राजीव बिंदल ने उनके नाम पर सहमति जताने के लिए मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर सहित मंत्रिमंडल के सभी सदस्यों का आभार जताया

उन्होंने कहा कि दुनिया के सबसे बड़े राजनीतिक दल भाजपा में राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेशाध्यक्षों की नियुक्ति की प्रक्रिया चल रही है और इसी कड़ी में हिमाचल प्रदेश में भी आज नए अध्यक्ष पद के लिए नामांकन भरा गया

मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने प्रदेश में कार्यान्वित की जा रही सभी फोरलेन परियोजनाओं के कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं ताकि इन परियोजनाओं को समयबद्ध पूरा किया जा सके वे आज शिमला में राष्ट्रीय उच्च मार्गो और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि इन परियोजनाओं के कारण हुए नुकसान और मुआवजे से जुड़े मुददों का निर्धारण करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण राज्य लोकनिर्माण विभाग संबधित जिला प्रशासन और ठेकेदारों के प्रतिनिधियों की कमेटियां गठित की जाएंगी जयराम ठाकुर ने कहा कि इन परियोजनाओं के निष्पादन में किसी भी तरह की ढील बर्दाशत नहीं की जाएगी मुख्य सचिव अनिल कुमार खाची सहित अन्य विभागीय अधिकारी बैठक में मौजूद रहे लीगेसी योजना प्रदेश सरकार ने आबकारी व कराधान विभाग के तहत पुरानी कर प्रणाली से संबंधित लंबित मामलों के समाधान के लिए लीगेसी योजना को मंजूरी प्रदान कर दी है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि इस योजना के अंतर्गत वस्तु व सेवाकर में सामान्य विक्रय कर वैट केंद्रीय बिक्री कर और कराधान से संबंधित अन्य लंबित मामलों का समाधान किया जाएगा उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने केंद्रीय उत्पाद शुल्क व सेवाकर के लंबित मामलों के निपटारे के लिए लीगेसी विवाद समाधान योजना शुरू की है जयराम ठाकुर ने कहा कि केंद्र व प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाओं से आवेदकों को प्रतिरक्षण व प्रोत्साहन मिला है

यह कार्यक्रम इस महीने की बीस तारीख को नई दिल्ली में तालकटोरा स्टेडियम में होगा पूरे देश से दो हजार से अधिक छात्र अभिभावक और शिक्षक इस कार्यक्रम में भाग लेंगे नरेन्द्र मोदी प्रश्नों का जवाब देंगे और छात्र परीक्षा के दबाव से मुक्ति पाने के तरीकों के बारे में प्रधानमंत्री से संवाद करेंगे वीरेंद्र कंवर ग्रामीण विकास व पंचायतीराज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने कहा है कि प्रदेश सरकार ग्रामीण स्तर तक अधोसंरचना का लाभ पहुंचाने और गौवंश के संवर्धन व संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है उन्होंने आज सोलन जिले के नालागढ़ विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न निर्माण कार्यो का शिलान्यास किया

इससे पहले उन्होंने जनसमस्याएं भी सुनी और अधिकारियों को इनके जल्द समाधान के निर्देश दिए गोविंद वन व परिवहन मंत्री गोविंद ठाक्र ने कहा है कि कुल्लू ज़िले के मनाली विधानसभा क्षेत्र में विभिन्न विकास कार्यों के लिए करोड़ों रुपये की धनराशि का प्रावधान किया गया है

गोविंद ठाकुर ने कहा कि क्षेत्र में पिछले दो वर्षो के दौरान विकास कार्यों में तेजी आई है और मनाली को एक आदर्श विधानसभा क्षेत्र के रूप में विकसित किया जा रहा है

मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने ग्रामीण अधोसंरचना विकास निधी के तहत सड़क व पुल परियोजनाएं स्वीकृत करने के लिए नाबार्ड का आभार जताया है उन्होंने कहा कि नाबार्ड ग्रामीण क्षेत्रों मे सड़क सुविधा प्रदान करने में बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है मुख्यमंत्री ने लोक निमार्ण विभाग को परियोजनाओं को तैयार करने के लिए निविदाएं आमंत्रित करने और इन पर जल्द कार्य आरम्भ करने के निर्देश दिए राढौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने केंद्र व प्रदेश सरकार पर हर मोर्चे पर नाकाम रहने का आरोप लगाया है शिमला में आज अपना एक साल का कार्यकाल पूरा होने पर एक पत्रकारवार्ता में राठौर ने कहा कि प्रदेश में स्वास्थ्य व शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में रेरा का गठन अनावश्यक है और ये केवल पैसे कमाने के लिए बनाया गया है राठौर ने कहा कि पिछले एक साल के दौरान उन्होंने पार्टी के सभी नेताओं को एकजुट किया है और सरकार की नाकामियों को उजागर करने में अहम भूमिका निभाई है मौसम जनजातीय जिले लाहौल स्पीति व किन्नौर सहित प्रदेश के उंचाई वाले इलाकों में आज भी रूक रूक कर हल्का हिमपात हो रहा है बर्फबारी से इन क्षेत्रों में जनजीवन पूरी तरह अस्त व्यस्त हो गया है लाहौल स्पीति जिले में सभी मुख्य सडकें आवाजाही के लिए अवरूद्व हैं और अधिकतर स्थानों में संचार व विद्युत आपूर्ति भी ठप्प है

उपायुक्त गोपाल चन्द ने हिमखंड आने की संभावना को देखते हुए स्थानीय लोगों व पर्यटकों से एहतियात बरतने की अपील की है

शिविर भारत सरकार के सूचना व प्रसारण मंत्रालय के फील्ड आउटरीच बयूरो हमीरपुर ने आज राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान भोरंज में एकीकृत संचार व आउटरीच कार्यक्रम के तहत जागरूकता शिविर लगाया ब्यूरो के क्षेत्रीय प्रचार कार्यालय के प्रभारी सुरजीत सिंह ने बताया कि इस दौरान लोगों को प्लस पोलियो टीकाकरण बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और फिट इंडिया अभियान के बारे में जागरूक किया गया